दूसरे चरण के लिए अधिसूचना कल होगी जारी

संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर एक लाख इक्यानवें हजार से अधिक हुआ पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में जन आंदोलन अभियान की शुरूआत की ट्वीटर पर अपने संदेश के जरिए प्रधानमंत्री ने लोगों को जागरूक बनाने के इस अभियान को लांच किया त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए यह अभियान शुरू किया गया है मास्क लगाएं दो गज की दूरी बनाए रखें और हाथों की साफ सफाई का ध्यान रखें के संदेश के साथ यह जनआंदोलन कम लागत और दूरगामी प्रभाव का अभियान साबित होगा अभियान के दौरान कोविड संक्रमण की रोकथाम का संकल्प लिया जाएगा आंदोलन की व्यापक पहुंच बनाने के लिए समन्वित मीडिया अभियान भी शुरु किया जाएगा संक्रमण से बचाव संबंधी दिशा निर्देश बैनर पोस्टर होर्डिंग और वॉल पेंटिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले बोर्ड से भी प्रदर्शित किये जाएगे केन्द्रीय कैबिनेट ने आज से कोरोना वायरस पर जन अभियान शुरू करने का भी निर्णय लिया इस मौके पर श्री जावडेकर ने कहा कि अभी इस महामारी की कोई वैकसीन और उपचार उपलब्ध नहीं है बाईट जावडेकर जब दवा नहीं है और जब वैक्सीन नहीं है तो सुरक्षा कवच के त्री सुत्र ही हैं मास्क सुरक्षित दूरी और बराबर हाथ धोना ये तीन सूत्रों पर हर कोई अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है और यही त्री सूत्री बचाव है जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों से इस जन आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील की है

अब तक दौ सौ अठारह प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है इस चरण में सोलह जिलों के इकहत्तर विधानसभा सीटों पर मतदान होना है इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने इमामगंज से नामांकन पत्र दाखिल किया है राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने भी अपना नामांकन भरा है गया टाउन से मंत्री प्रेम कुमार ने बांका से राम नारायण मंडल और झाझा से पूर्व मंत्री दामोदर रावत ने अपना पर्चा भरा है लोजपा के टिकट पर राजेन्द्र सिंह ने दिनारा से और अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह ने भाजपा के टिकट पर जमूई विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा वहीं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है वजीरगंज विधानसभा सीट से भाजपा के वीरेन्द्र सिंह ने बाढ़ से भाजपा नेता ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू ने भभूआ से राजद प्रत्याशी भरत बिंद ने शेखपुरा से राजद के विजय सम्राट ने रोहतास के चेनारी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मूरारी प्रसाद गौतम डेहरी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सत्य नारायण यादव सासाराम विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी अशोक कुमार काराकाट विधानसभा सीट से पूर्व विधायक राजेश्वर राज और बरबीघा विधानसभा सीट से कांग्रेस के गजानंद शाही ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है सूचना के अनुसार डेहरी गुरुआ और वजीरगंज में सात सात जमुई और झाझा में छह छह जहानाबाद नबीनगर बोधगया तरारी शेखप्रा कहलगांव में पांच पांच रजौली नवादा काराकाट बक्सर और रामगढ़ में चार चार जमालपुर बड़हरा सासाराम कुटुंबा औरंगाबाद इमामगंज और सिकंदरा में तीन तीन कटोरिया और पालीगंज में दो दो तथा बेलागंज में एक प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया नामांकन पत्रों की जांच कल होगी जबकि बारह अक्टूबर तक नाम वापस लिये जा सकेंगे भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण में अपने कोटे की बची दो सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है बक्सर से परशुराम चतुर्वेदी और अरवल से दीपक शर्मा उम्मीदवार बनाये गये हैं कांग्रेस ने विधान सभा के पहले चरण के चुनाव के लिए इक्कीस उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी है पार्टी के महासचिव मुकुल वासनिक ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी ने दो उम्मीदवार बदल दिया है साथ ही राजद से एक सीट भी बदल दी है उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के लिए भी उम्मीदवारों को पार्टी का चुनाव चिन्ह देने का काम शुरू कर दिया गया है श्री वासनिक ने बताया कि पार्टी ने कहलगांव से शुभानंद मुकेश सुल्तानगंज से ललन यादव अमरपुर से जितेंद्र सिंह जमालपुर से डॉक्टर अजय कुमार सिंह लखीसराय से अमरीश कुमार अनीश बरबीघा से गजानंद शाही बाढ़ से सत्येंद्र बहादुर बिक्रम से सिद्धार्थ सौरभ को उम्मीदवार बनाया है इधर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना कल जारी होगी इस चरण में सत्रह जिले की चौरानवे सीटों पर मतदान तीन नवम्बर को होगा नामांकन भरने की अंतिम तिथि सोलह अक्टूबर है जबकि नामांकन वापस लेने की तिथि उन्नीस अक्टूबर है कोविड उन्नीस महामारी के बीच स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी और स्रक्षित तरीके से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने मौजूदा और भविष्य के चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों के बारे में दिशा निर्देशों में संशोधन किया है संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और प्रादेशिक दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या चालीस के जगह तीस होगी गैर पंजीकृत राजनीतिक दल बीस की बजाय पन्द्रह स्टार प्रचारक रख सकेंगे स्टार प्रचारकों की सूची अधिसूचना जारी करने की सात दिनों के बजाय अब दस दिनों के अंदर जमा कराई जा सकेगी विधान सभा चुनाव को लेकर आयकर विभाग ने अवैध ढंग से पैसे के लेन देन पर नजर रखने के लिए गठित टीमों को राज्य के चार हिस्सों में बांटा है जिसमें दो यूनिट को पटना जिले में जबकि एक एक यूनिट को भागलपुर और मुजफ्फरपुर में रखा गया है हर यूनिट के अधीन सात से लेकर चौदह जिले रखे गये हैं इसके साथ ही सभी जिलों के लिए अलग अलग क्विक रिस्पांस टीम बनायी गयी है वहीं बिहार पुलिस ने अपने अफसरों और जवानों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है विशेष परिस्थिति में ही पुलिसकर्मियों को छुट्टी मिलेगी पटना के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को वोटिंग करने के समय एक विशेष स्थान पर ही खड़ा होना होगा जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर गोल घेरे बनाये जायेंगे जिसमें अलग अलग खड़ा होकर मतदाताओं को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी चुनाव आयोग ने कहा है कि आज चेहल्लूम के पर्व के बावजूद नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया जारी रहेगी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि चेहल्लूम के कारण सामान्य अवकाश की वजह से नामांकन पत्र नहीं भरे जायेंगे जो गलत है उन्होंने कहा कि चेहल्लूम के मद्देनजर बिहार में अवकाश घोषित नहीं है इसलिए इस दिन सभी कार्य पूर्ववत होंगे कोरोना मरीजों को मतदान करने के लिए अस्पताल अधीक्षक के माध्यम से पोस्टल मतपत्र दिया जायेगा राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि अस्सी वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगों को घर पर ही ब्रथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के माध्यम से फार्म बारह घ भेजा जायेगा और पोस्टल मत पत्र की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी प्रदेश के सभी अड़तीस जिलों में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के एक हजार तीन सौ चार नए मामले की पुष्टि हुई है इसके साथ ही राज्य में अबतक पॉजिटिव हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर एक लाख इक्यानवें हजार चार सौ सताइस हो गई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो सौ तिरसठ पॉजिटिव मिले हैं इसी अवधि में कोरोना संक्रमित दो व्यक्ति की मौत हो गयी प्रदेश में संक्रमण से जान गंवा चुके लोगों की संख्या बढ़कर नौ सौ सताईस हो गई है

प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पारम्परिक श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है इस्लाम और मानवता की हिफाजत के लिए कर्बला के मैदान में हजरत पैगम्बर मोहम्मद साहेब के नवासे इमाम हुसैन और उनके इकहत्तर अनुयायियों की शहादत की याद में यह पर्व मनाया जाता है मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से चेहल्लुम को आपसी भाईचारा पारस्परिक प्रेम सामाजिक सद्भाव शांति और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में मनाये जाने की अपील की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की दो हजार इक्कीस की वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि मैट्रिक की परीक्षा सत्रह से चौबीस फरवरी और इंटरमीडिएट की परीक्षा दो से तेरह फरवरी के बीच होगी श्री किशोर ने बताया कि परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में ली जायेगी उन्होंने कहा कि इंटर की प्रायोगिक परीक्षा नौ से अठारह जनवरी के बीच जबकि मैट्रिक की ऐच्छिक विषयों की प्रायोगिक परीक्षा बीस से बाईस जनवरी के बीच ली जायेगी बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ गया है लेकिन अभी नमीयुक्त हवा आ रही है जिसके कारण आज भी राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है जबकि उत्तर बिहार में मौसम शुष्क रहेगा पटना मौसम केन्द्र के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट होगी जबकि आज और कल पटना और इसके आस पास के क्षेत्रों में बादल छाये रहेंगे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टियों की ओर से टिकट बंटवारे समेत अन्य चुनावी गतिविधियों की खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने जदयू द्वारा एक सौ पन्द्रह प्रत्याशियों की अपनी पूरी सूची जारी करने को पहली खबर बनाया है अखबार की सुर्खी है जदयू में महिलाओं को बीस प्रतिशत टिकट दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है आशीर्वाद मिला तो सक्षम और स्वावलंबी बिहार बनायेंगे दैनिक भास्कर लिखता है बारह जदयू विधायक बेटिकट शेल्टर होम कांड में हटाई गई मंजू वर्मा को टिकट प्रभात खबर ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में आरोपित रिया चक्रवर्ती की रिहाई पर लिखा है ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली भाई शौविक अभी रहेगा जेल में आज अखबार की बड़ी खबर है बिहार चुनाव में राहूल गांधी करेंगे छह रैलियां

दूसरे चरण के लिए अधिसूचना कल होगी जारी

संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर एक लाख इक्यानवें हजार से अधिक हुआ